रुपये में गिरावट और वित्तीय बाजार के अन्य क्षेत्रों में अस्थिरता के बीच भारतीय रिजर्व बैंक ने कई नियामक उपायों की घोषणा की है बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज रिवर्स रैपारेट को चार प्रतिशत से घटाकर तीन दशमलव सात पांच प्रतिशत करने की घोषणा की रैपोरेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है रिजर्व बैंक के गवर्नर ने लॉकडाउन के कारण हुए नुकसान से उबरने के लिये लघ् और मध्यम उद्योगों के लिए पचास हजार करोड़ रुपये के पैकेज को भी घोषणा की श्री दास ने यह भी घोषणा की कि बैंकों के फंसे कर्जों के लिए समाधान योजना की अवधि नब्बे दिन तक बढ़ा दी जायेगी उन्होंने बताया कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा रियल एस्टेट कंपनियों को दिये गये ऋणों पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिये जाने वाले लाभ के समान लाभ दिया जायेगा उन्होंने बताया कि इन उपायों से बाजार नकदी का प्रवाह बनाये रखने में मदद मिलेगी बैंक ऋण सुविधा बढ़ेगी वित्तीय दबाव कम होगा और बाजारों का औपचारिक संचालन हो सकेगा

उन्होंने कहा कि मॉनसून पूर्व खरीफ बुवाई काफी अच्छी हुई है और मौसम विभाग ने दक्षिण पश्चिम मॉनसून सामान्य रहने का अनुमान व्यक्त किया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की आज की घोषणाओं से बाजार में नकदी का प्रवाह बढ़ेगा और ऋण आपूर्ति में सुधार होगा उन्होंने एक ट्वीट संदेश में कहा कि इन उपायों से छोटे व्यवसायियों अति लघु लघु तथा मध्यम उद्योगों किसानों और गरीबों को मदद मिलेगी केन्द्र ने राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को महत्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम मनरेगा के अंतर्गत सात हजार तीन सौ करोड रूपये जारी किए हैं यह राशि पिछले वित्तीय वर्ष के बकाया और चालू वित्तीय वर्ष के पहले पखवाडे के लिए जारी की गई है ग्रामीण विकास मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कल ग्रामीण विकास से संबंधित सभी प्रमुख कार्यक्रमों की व्यापक समीक्षा की उन्होंने कहा कि संक्रमण से मुक्त क्षेत्रों में मनरेगा श्रमिकों को पर्याप्त सुरक्षित दूरी बनाए रखते हुए कारगर ढंग से काम फिर शुरू करना चाहिए मंत्री ने कहा कि सिंचाई और जल सरक्षण से संबंधित टिकाऊ परिसम्पत्तियों के निमाण पर ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए

ये सदस्य देशभर में सामूदायिक रसोई में भी योगदान कर रहे हैं

एक ट्वीट में पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी ने इसे फर्जी बताते हुए कहा है कि इस कार्यबल से सलाह करने के बाद ही निर्णय लिया गया

केन्द्र सरकार ने पैरासिटामोल से बनी औषधियों के निर्यात पर लगी रोक तत्काल प्रभाव से हटा दी है इसमें फिक्स्ड डोज कम्बीनेशन भी शामिल है विदेश व्यापार महानिदेशालय ने आज इस बारे अधिसूचना जारी कर दी है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

कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों से कहा है कि वे प्रवासी कामगारों और विभिन्न जगहों पर फंसे लोगों के लिए सुरक्षा आश्रय और खाद्य सामग्री सुनिश्चित करने का समुचित प्रबंध करें उन्होंने कहा कि जिला कलेक्टरों को प्रवासी श्रमिकों से संबंधित मुद्दों पर निगरानी और समन्वय के लिए नोडल अधिकारी नियूक्त करने चाहिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि लॉकडाउन के कारण राज्य में कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे उन्होंने कम्यूनिटी किचन और शैल्टर होम संचालन की उत्तम व्यवस्था करने के निर्देश दिये हैं मुख्यमंत्री आज लखनऊ में अधिकारियों के साथ लॉकडाउन व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने आगामी तीस जून तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सार्वभौमिकरण करते हुए सभी जरूरतमंदों को राशन उपलब्ध कराने के निर्देश दिये मुख्यमंत्री ने कहा कि संस्थागत क्वारेंटीन के बाद होम क्वारेंटीन के लिये घर जाने वाले लोगों के स्वास्थ्य की अनिवार्य रूप से जांच की जाये उन्होंने कहा कि अस्पतालों में संक्रमण से सुरक्षा के उपकरण निर्धारित गुणवत्ता और मानक के होने चाहिये मुख्यमंत्री ने आगामी रमजान में आवश्यक सामग्री की सुचारू उपलब्धता के प्रबंध करने के निर्देश दिये मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में अन्य प्रदेशों के अध्ययनरत विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान के लिये जनपद पर एक नोडल अधिकारी नामित किया जाये सूचना और गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान अब तक राज्य में तीन करोड़ तेईस लाख कार्ड धारकों को राशन वितरित किया गया है उन्होंने कहा कि राज्य में इक्कीस लाख श्रमिकों को एक एक हजार रूपये से ज्यादा की धनराशि उपलब्ध करा दी गई है जिसका व्यय भार दो सौ दस करोड़ रूपये हैं श्री अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने हॉट स्पॉट क्षेत्रों में लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिये हैं इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि राज्य में तिहत्तर नये केस मिलने के बाद अब कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या आठ सौ छियालीस हो गई है उन्होंने बताया कि उन्चास जनपद कोरोना से प्रभावित है कुल संक्रमितों में से चौहत्तर लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं श्री प्रसाद ने कहा कि तीन जनपद पीलीभीत हाथरस और महराजगंज में कोई नया कोरोना संक्रमित केस नहीं मिला है यह कोरोना विसंक्रमित जनपद हो गये हैं उन्होंने बताया कि राज्य में कोरोना की पूल टेस्टिंग शुरू कर दी गई है और प्रदेश कोरोना की पूल टेस्टिंग वाला देश का पहला राज्य बन गया है प्रेदश में कई शहरों के मौलानाओं ने मुसलमानों से लॉकडाउन का पालन करने और नमाज के लिए मस्जिद में इक्ट्डा न होने की अपील की है मौलानाओं ने कहा है कि लोगों को लॉकडाउन के दौरान अपने घरों में ही रहना चाहिए लखनऊ के जाने माने मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने भी ऐसी ही अपील की है बाइट मैं खालीद रशीद फिरंगी महली लखनऊ की सरजमीं से आप हजरात को ये पैगाम दे रहा हूं कि हमारे मुल्क में भी इस बीमारी की आमद दर्ज हो चुकी है इस वक्त पूरे मुल्क की अवाम का ये बुनियादी फर्ज है कि हम सब एक साथ मिलकर इसके खिलाफ जंग करें हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर ने इस जंग के खिलाफ अहम स्टेप्स उठाए हैं इस वक्त हम सबका भी यही फर्ज है कि लॉकडाउन के जो भी रूल्स रेगूलेशंस हैं उस पर पूरे तरीके से अमल करते हुए अपने घरों में ही रहें चित्रकूट जनपद में जामा मस्जिद के पेशे इमाम मौलाना उबैद अली ने भी लोगा से अपने अपने घरों पर ही रह कर नमाज अदा करने की अपील की बाइट मुल्क में कोरोना वायरस जैसी खतरनाक बीमारी फैली हुई है आप ततामी हजरत से यह इलतिजा है कि इस मुल्क में हुकूमत का साथ दे और जो लॉकडाउन है उस पर लॉकडाउन अमल करते हुए अपने अपने घरों में ही इबादत करे और यह दुआ करें कि मौला ताला हमें इस कोरोना वायरस जैसी खतरनाक बीमारी से निजात दे भाजपा नेता और विधान परिषद सदस्य यशवंत सिंह ने लोगों से समाज और देशहित में लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करने का आग्रह किया है आजमगढ़ में आज पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चन्द्रशेखर जी की मूर्ति पर श्रद्धासुमन अर्पित करने के बाद उन्होंने कहा कि किसानों के लिये यह कीमती समय है वे कटाई और मढ़ाई के लिये बाहर निकलते समय कोरोना से सुरक्षा के उपाय अवश्य अपनाये गृह मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि सरकारी कार्यालय और अधिकारी किसी भी कार्य के लिए जूम ऐप का उपयोग नहीं करेंगे मंत्रालय ने परामर्श जारी कर इस प्लेटफॉर्म के उपयोग के प्रति आगाह किया है